कहा प्रदेश के आयुष्मान कार्ड धारकों को ईलाज के लिए सरकारी अस्पताल से रेफर कराने संबंधी बाध्यता कर दी गई है खत्म

उत्तराखंड क्षेत्र के आयकरदाताओं अधिवक्ताओं और सीए को अब नहीं लगानी पड़ेगी दिल्ली की दौड प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी परीक्षा संबंधी तनाव कम करने के लिए शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय ने किया छात्र छात्राओं से संवाद बोले निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण को हर हाल में लाया जाएगा एक्ट

स्कूली बच्चों ओर आमलोगों के लिए खोले गए विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के संग्राहलय टिहरी के बादशाहीथौल में सेमिनार का हुआ आयोजन चम्पावत महोत्सव मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिह रावत ने आज चम्पावत जिले के गोरलचोड़ मैदान में आयोजित तीन दिनी चम्पावत महोत्सव में प्रतिभाग किया इस दौरान उन्होंने यहां पर्यटन को आकर्षित करने के लिए लगायी गयी प्रदर्शनियों एवं स्थानीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का निरीक्षण किया और किसानों से चर्चा की इस दौरान उन्होंने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मेले और महोत्सवों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाय तो प्रदेश का देश के साथ साथ विदेशों में भी नाम मिलेगा

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब आयुष्मान कार्ड होने पर मरीज को कहीं भी ईलाज के लिए अब सरकारी अस्पताल से रेफर कराए जाने की आवश्यकता नहीं इससे पूर्व श्री रावत ने कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद राहूल रैंसवाल के घर जाकर परिजनों को सात्वना दी और कहा कि प्रदेश सरकार उनके परिजनों को हर सम्भव मदद करेगी

केंद्रीय कानून संचार एवं सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया उद्घाटन समारोह में उत्तराखण्ड पोस्टल सर्किल के विशेष एलबम का भी लोकार्पण किया गया

हमें ईमानदारी से टैक्स देने की सोच बढ़ानी होगी उन्होंने नागरिकता कानून से संबंध में कहा कि यह नागरिकता देने वाला है किसी की नागरिकता छीनने वाला नही हाल ही में जजों के स्थानांतरण संबंधी मामले में कानून मंत्री ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि इस संबंध में पूरी तरह प्रक्रिया का पालन किया गया

वहीं आईटीएटी के उपाध्यक्ष जीएस पन्नू का कहना है कि सर्किट बेंच की स्थापना से उत्तराखंड क्षेत्र के आयकरदाताओं के साथ ही अधिवक्ताओं और सीए को सहूलियत होगी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों से व्यक्तिगत रूचि से कार्य करने के निर्देश दिये है आज सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नये स्वयं सहायता समूह की स्वीकृति और समूहों के नवीनीकरण कार्य पर मुख्य सचिव ने संतोष व्यक्त किया बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के लिये ऑनलाइन पोर्टलों के सम्बन्ध में विभागवार समीक्षा की गई

दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे तथा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के लाइव डेमो में बैंक द्वारा दिये गये सुझावों को समाहित करते हुए इस पोर्टल का क्रियान्वयन किया जा रहा है

इस दौरान मुख्य सचिव ने जमानुपात बढ़ाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये

वॉटर कॉन्क्लेव आईआईटी रूड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की ओर से आयोजित तीन दिवसीय वॉटर कॉन्क्लेव में देश विदेश से आये विशेषज्ञो ने जल प्रबंधन और नमामि गंगे मिशन पर अपने शोध पत्र प्रस्तृत किए कॉन्क्लेव के तीसरे और अंतिम दिन नमामि गंगे परियोजना के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि वॉटर कॉन्क्लेव में नमामि गंगे पर चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं साथ ही भविष्य में नमामि गंगे को लेकर विशेषज्ञों से चर्चा करने पर भी सहमति बनी है वाटर कॉन्क्लेव में गंगा नदी के संरक्षण और जल स्तोत्रों को संरक्षित करने पर जोर दिया गया अरविंद पांडेय उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं छात्र छात्राएं तनावमुक्त होकर परीक्षाएं दे सकें इसके लिए शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय ने पहल की है उन्होंने देहरादून के नवोदय विद्यालय से वर्चअल क्लास के जरिए प्रदेश भर के छात्र छात्राओं से संवाद किया और उन्हें श्भकामनाएं दीं शिक्षामंत्री ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं उन्होंने छात्र छात्राओं को परीक्षा के लिए श्भकामनाएं दीं वहीं दूसरी ओर शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश में निजी स्कूलों की बेतहाशा फीस को नियंत्रित करने के लिए फीस एक्ट लाना उनकी प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि इसमें विलंब जरूर हुआ है लेकिन फीस एक्ट हर हाल में लागू किया जाएगा भूमि पूजन और शिलान्यास मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस भवन को ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट पर बनाया जाएगा जो देश में आपदा प्रबंधन के लिए अपनी तरह का दूसरा भवन होगा

इस अवसर पर टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह मेयर सुनील उनियाल गामा विधायक गणेश जोशी प्रभारी सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरूगेशन अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे

इस अवसर पर देहरादून में उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र यूसर्क द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान यूसर्क के वैज्ञानिक ओम प्रकाश नौटियाल ने इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम वुमेन इन सांईस के बारे में बात करते हुए भारतीय महिलाओं के द्वारा इस क्षेत्र में किये गये शोधों पर विस्तार से चर्चा की इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य व्याख्यान देते हए वरिष्ठ वैज्ञानिक और जियोलॉजीस्ट रवि कल्याण बूसा ने हाइड्रालॉजिक सिनेरियो एण्ड ग्राउंड वाटर रिलेटेड इश्यूज इन उत्तराखण्ड पर जोर देते हुए प्रदेश की भूजलीय उपलब्यता प्रबंधन भूजल रिचार्ज आदि के बारे में विस्तार से बताया वर्षा जल संचयन पर जोर देते हए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जल संचयन हेतु किये जा सकने वाले उपयों पर भी लोगों का ध्यान आर्कषित किया इस दौरान यूसर्क के वैज्ञानिक ओम प्रकाश नौटियाल भवतोष शर्मा राजेन्द्र सिंह राणा सहित कई विभिन्न विश्व विद्यालयों के छात्र और छात्राएं मौजूद रहे